मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिहं ने कहा डिजिटल युग में किताबों का है अपना महत्वदून लिटरेचर फेस्टिवल में युवाओं से की अखबार पत्रिकाएं और किताबें पढ़ने की अपील कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय ने चंपावत में जिला योजनाओं की समीक्षा कीजनहित के कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिये

स्लग भूस्खलन मौत रुद्रप्रयाग जिले में भूस्खलन होने से चारधाम यात्रा मार्ग निर्माण में लगे सात मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गयी

गंभीर रूप से घायल दो मजदूरों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश लाया गया घटना की जानकारी मिलने पर राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंच गयी है मलबे में अभी कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका है रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है यह घटना आज दोपहर लगभग बारह बजे ऊखीमठ तहसील के भीरी और बांसवाडा के बीच सड़क चौड़ीकरण किये जाने के दौरान हुई सड़क निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों पर अचानक ही एक पूरी चट्टान का मलबा गिर गया जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार अब तक सात शव मिले हैं और राहत और बचाव का कार्य जारी है रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं उधर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है

स्लग दून लिटरेचल फेस्टिवल मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि इन्टरनेट सोशल मीडिया पत्र पत्रिकाओं और साहित्य के डिजिटिलाईजेशन के इस युग में भी किताबों का अपना महत्व और विश्वसनीयता है उन्होंने नई पीढ़ी को अखबार पत्रिकाएं और किताबें पढ़ने को आदतों में शुमार करने को कहा श्री रावत ने देहरादून में दून लिटरेचर फेस्टिवल में ये बात कही उन्होंने कहा कि साहित्य अतीत और भविष्य को जोड़ता है साथ ही वर्तमान का मार्गदर्शन करता है उन्होंने कहा कि बच्चों में किताबें पढ़ने की रूचि विकसित करना डिजिटल युग की चुनौती है उन्होंने युवाओं से कहा कि वे इन्टरनेट और सोशल मीडिया पर मात्र अपनी रूचि जरूरत और प्राथमिकता वाली सलेक्टिव खबरों पर ही फोकस न करें बल्कि समाचार पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों और साहित्य के अध्ययन में भी रूचि लें ताकि उनमें व्यापक दृष्टिकोण विकसित हो इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पड़ाव स्मारिका का विमोचन भी किया

इस मौके पर उन्होंने मां नैना देवी और नैनी झील की पूजा अर्चना करते हुए दीपदान किया इस मौके पर श्री रौतेला ने कहा कि प्रदेश का हर शहर और कस्बा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि देश दुनिया के सैलानी कुमाऊं और गढ़वाल के भ्रमण पर पूरे सालभर आते हैं उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है जो सुखद है श्री रौतेला ने कहा कि विंटर कार्निवाल का उद्देश्य पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति खानपान और रहन सहन से रूबरू कराना है उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार अल्मोड़ा में कटारमल नैनीताल में मुक्तेश्वर उधमसिंह नगर में गुलरभोज चम्पावत में देवीध्रा बागेश्वर में गरूड़ वैली और पिथौरागढ़ में मोस्टमानू को नये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप मे चिन्हित कर उन्हें विकसित कर रही है विंटर कार्निवल की पहली शाम लोक गायक गोविन्द सिंह दिगारी गजेन्द्र राणा और लोक गायिका खुशी जोशी के नाम रही साथ ही बॉलीवुड सिंगर ऐश किंग ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया स्लग मौसम प्रदेश के अधिकांश पर्वतीय इलाकों में आज मौसम खुला रहा देहरादून में भी धूप खिली रही लेकिन पूरे प्रदेश में शीत लहर जारी है

जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार एक दिवसीय दौरे पर चम्पावत पहंचे अरविंद पाण्डेय ने अधिकारियों को जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिये उन्होंने शिक्षा सहित विभिन्न कार्यों में गुणवत्ता का ख्याल रखने सभी स्कूलों में स्वच्छता को विशेष महत्व देने हर स्कूल में शौचालय बनाने और अच्छी शिक्षण व्यवस्था वाले शिक्षक को जिला स्तर पर सम्मानित करने के भी निर्देश दिये इस दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन का भी वितरण किया गया स्लग बंड किसान मेला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सरकार किसानों के लिए प्रदेश में कई योजनाओं की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है चमोली जिले के पीपलकोटि में ऐतिहासिक बंड किसान मेले में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार आम जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रही है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेलों को सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि मेलों के माध्यम से संस्कृति और उत्पादों का आदान प्रदान होता है गौरतलब है कि सात दिनों तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ भूतपूर्व सैनिक के लिए गोष्ठी का आयोजन पशु प्रदर्शनी से लेकर हस्तशिल्प स्थानीय उत्पादों और विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं साथ ही लोगों के आवश्यक सरकारी प्रमाण पत्र भी बनाये जा रहे हैं इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्यूण गांव के एक स्कूल का नाम हाल में कश्मीर में शहीद हुए जवान सुरजीत सिंह के नाम पर करने की घोषणा की स्लग टिहरी आग टिहरी जिले के कंडीसौड़ बाजार में एक मकान में आग लगने से चार बच्चों समेत छह लोग बुरी तरह झूलस गए इनमें से दो बच्चियों की हालत गंभीर है घर में रखे सिलेंडर को आग का कारण माना जा रहा है प्राप्त जानकारी के मुताबिक घर में चार बच्चे और उनके दादा दादी थे सुबह जब बच्चों के दादा ने बिजली का स्विच ऑन किया तो घर में आग लग गई सभी को निजी वाहनों से सीएचसी छाम ले जाया गया जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया इसके बाद गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया जिलाधिकारी सोनिका और सीएमओ भागीरथी जंगपांगी भी घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे

हरिद्वार नागरिक मंच ने आज रन फॉर गंगा मिनी मैराथन का आयोजन किया गंगा की स्वच्छता के लिए अभियान में स्कूली छात्रों और सामाजिक संस्थाओं ने भी भाग लिया रन फॉर गंगा के तहत भल्ला कालेज से हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम घाट तक दौड़ लगाई गई इस दौड़ के माध्यम से लोगों को गंगा को स्वच्छ रखने का भी संदेश दिया गया स्लग बागेश्वर भ्रमण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के दल ने बागेश्वर जिले का भ्रमण किया दल के सदस्यों ने जिले में केंद्र सरकार द्वारा संचालित मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना आदि योजनाओं की समीक्षा की दल ने ग्राम पंचायत पचना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत संचालित गरूड़ में हिलांस पिकल यूनिट और कौसानी में स्थित विपणन केन्द्रों समेत कई अन्य स्थलों का भ्रमण कर संचालित योजनाओं का जायजा लिया